एनआईटी श्रीनगर का कैंपस नहीं बदलेगाआईटीआई और रेशम बोर्ड की जमीन पर बनाया जाएगा नया अस्थाई कैंपस

प्रदेश में कल फिर करवट बदल सकता है मौसमउत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना

इस अवंसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रेणुका बांध बहुउद्देशीय परियोजना के पूरा हो जाने पर खासतौर से राजस्थान और दिल्ली की पेयजल की समस्या हल होगी

इससे पहले लखवाड़ परियोजना पर भी एमओयू किया गया था गौरतलब है कि रेणुका परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरी नदी में स्थित बहुउद्देश्यीय परियोजना है

परियोजना की लागत साढ़े चार हजार करोड़ से भी ज्यादा है

इस परियोजना का निर्माण संचालन और रखरखाव हिमाचेल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड करेगा रेणुका परियोजना के निर्माण से हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को समझौते में निर्धारित मात्रा के अनुसार जल प्राप्त होगा

आईटीआई और रेशम बोर्ड की भूमि पर अस्थाई रूप से एक नया केंपस बनाया जाएगा आज नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मुलाकात के बाद इस बात पर सहमति बनी है मुलाकात के दौरान एनआईटी श्रीनगर पर गठित हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पास कराकर प्रदेश के विशिष्ट बीटीसी अध्यापकों के बाद बचे हए शिक्षकों को भी राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को मिलने वाली राशि का बकाया हिस्सा जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा दे दिया जाएगा स्लग स्वाइन फ्लु उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने फिर दस्तक दे दी है निजी अस्पताल में भर्ती स्वाइन फ्लू पीड़ित एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एसके गुप्ता ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर स्वाइन फ्लू से पीड़ित किसी भी मरीज की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को भी कहा है

पर्यावरणविद चण्डी प्रसाद भट्ट जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल समेत ग्रामीणों ने गांव की बंजर भूमि में तेजपात अखरोट आवंला हरड़ बहेड़े और बरगद के कई पौधे रोपे महिलाओं ने झुमेलो और चौफला गीत गाकर पेड़ों की अहमियत और उनके संरक्षण का संदेश दिया इस मौके पर पर्यावरणविद चंडीप्रसाद भट्ट ने कहा कि गंगा को स्वच्छ और सदानीरा बनाये रखने के लिए उसकी सहायक नदियों के किनारों को हरित पट्टी के रूप में विकसित करना होगा और इस काम में तटवर्ती गांवों के लोगों को जोड़ना होगा वहीं जिलाधिकारी ने क्षेत्र में तेजपात और त्रिफला वन को विकसित करने के लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री राधामोहन से मुलाकात की उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के साथ उत्तराखंड में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना पर विचार विमर्श किया और इस संबंध में राज्य का प्रस्ताव भी सौंपा

मौसम विभाग के मुताबिक कल उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है वहीं उत्तरकाशी टिहरी चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर चमोली की जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है साथ ही हिमस्खलन की घटना वाले क्षेत्रों में अत्यन्त सर्तकता बरतने को कहा है

बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया योजना के तहत जिले में सरकारी अस्पताल में पैदा हुई हर बालिका को हर महीने उद्योगों के सहयोग से बेबी किट प्रदान की जाएगी जिसमें अच्छी गुणवत्ता का लोशन साबुन शैंप्र पाउडर तेल और मां के लिए भी साफ सफाई का सामान होगा

आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम के साथ शत प्रतिशत वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा